राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष से मिल जुलकर काम करने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम छः बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृम्भ दो हजार उन्नीस के सफल आयोजन के लिए पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को कम्भ सेवा मेडल प्रदान किए राष्ट्र आज इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया है जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे इस वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मेसियास बोलसोनारो मुख्य अतिथि हैं सोलह राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश तथा छह केन्द्रीय मंत्रालयों की झांकियां परेड में शामिल होंगी जम्मू कश्मीर परेड में पहली बार केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल हो रहा है मंत्रालयों और विभागों की झांकियां स्टार्टअप इंडिया जल जीवन मिशन तथा वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर आधारित हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के साथ होगा राष्ट्रपति सलामी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे उसके बाद राष्ट्रगान होगा और इक्कीस तोपों की सलामी दी जाएगी इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण हाल ही में सेना में शामिल किए गये चिनूक और अपाचे हैलीकॉप्टरों सहित सुखोई और अत्याधुनिक हल्के हेलीकाप्टरो का फ्लाई पास्ट होगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के समक्ष आयोजित होगा जहां राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनायें दी हैं अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर हमें स्वंय को सौहार्द शांति तथा भाईचारा कायम करने के लिए प्रेरित करता है गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल का जनता के नाम संदेश का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ से आज रात्रि आठ बजे किया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास और जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इस प्रयास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को सम्बोधित करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श राष्ट्र निर्माण के प्रयास में आज भी प्रासंगिक हैं सच्चाई तथा अहिंसा के महात्मा गांधी के आदर्श आत्मविश्लेषण का हिस्सा होना चाहिए महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश को याद करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लोगों खासतौर से युवाओं को मानवता के लिए अहिंसा का संदेश नहीं भूलना चाहिए किसी भी उद्देश्य के लिए संघर्ष करने वाले लोगों विशेष रूप से युवाओं को गांवी जी के अहिंसा के मंत्र को सदैव याद रखना चाहिए जो कि मानवता को उनका अमूल्य उपहार है कोई भी कार्य उपित है या अनुवित यह तक करने के लिए गांवी जी की मानव कल्याण की कसौटी हमारे लोकतंत्र पर भी लागू होती है श्री कोविंद ने कहा कि भारत सम्पूर्ण मानवता के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के निर्माण में वैश्विक समृदाय के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्द है राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है और सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच सुशासन की बुनियाद है और हम लोगों ने पिछले सात दशकों के दौरान इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान केनद्रित किया है शिक्षा पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बच्चा और युवा शिक्षित हो जल संरक्षण और जल प्रबंधन पर जोर देते हुए श्री रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन लोकप्रिय आंदोलन बनेगा राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिंद महासागर के द्वीप समूहों सहित पूरे देश का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं राष्ट्रपति ने कहा कि देश को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों पर गर्व है उन्होंने कहा कि देश भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है राष्ट्रपति ने अपना सम्बोधन भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर का उल्लेख करते हुए समाप्त किया केन्द्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल एक सौ इकतालिस पदम प्रस्कारों की घोषणा की इनमें सात पदम विभूषण सोलह पद्म भूषण और एक सौ अट्ठारह पद्मश्री शामिल हैं पुरस्कार पाने वालों में चौंतीस महिलाए और अट्ठारह विदेशी हैं बारह लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिये गये हैं पदम विभूषण पाने वालों में जॉर्ज फर्नान्डीज सुषमा स्वराज अरूण जेटली शामिल हैं जिन्हें यह पुरस्कार मरणोपरान्त दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कारो से अलंकृत सभी विभूतियों को हार्दिक बधाई दी है अपने बधाई सदेश में उन्होंने कहा कि समी सम्मानित विमूतियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जिनका लाभ समाज और देश को मिला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम छ बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा था कि इस वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम अत्यंत विशेष दिवस छब्बीस जनवरी को होगा

मुख्यमंत्री ने सम्मानित किये गये पूलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बघाई देते हए उनके कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीम वर्क करते हुए अपने काम से उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया इसके लिये प्रदेश सरकार ने उन्हें मेडल के साथ साथ एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था भी की है मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को एक स्वस्थ्य परम्परा की शुरूआत बताते हए कहा कि यह स्मार्ट पुलिसिंग समाज के लिये बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को बेहतर पुलिसिंग का मॉडल बनाकर अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस को दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस बल के रूप में स्थापित कर सकते हैं इस अवसर पर उन्होंने कॉफी टेबल बुक कुंभ दो हजार उन्नीस का विमोचन भी किया कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया से वैश्विक समुदाय में इसका गौरव बढ़ा है कल नई दिल्ली में दसवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जनता में चुनाव संबंधी समझ बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर श्री कोविंद ने जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों को श्रेष्ठ चुनाव व्यवस्था के लिए बीस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक उत्साहजनक बनाने तथा सहभागिता बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया दिल्ली की एक अदालत ने कल कहा कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों के वकील की दलील पर और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है दोषियों के वकील ने आरोप लगाया था कि जेल अधिकारी दया और क्यूरेटिव याचिकाएं दायर करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं दे रहे हैं

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस हवाई अड्डे के बनने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी

जेवर एयरपोर्ट के लिये उत्तीस नवम्बर दो हजार उन्नीस को फाइनेशियल दिड खोली गई थी इसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने हवाई अड्डे के लिये टेंडर हासिल किया था प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बनने वाला यह हवाई अड्डा दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब पांच हजार हेक्टेयर मे प्रस्तावित इस एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है